और ग्यारह मार्च से होने वाली बैंक कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित

इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा गठित जांच समिति ने बिना प्रशासनिक स्वीकृति के टेंडर करने को गम्भीर अनियमितता मानते हुये इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है गौरतलब है कि आरोपियों ने नगर विकास और आवास विभाग के आदेश की अवहेलना करते हुये स्वीकृति से अधिक बस शेल्टर का निर्माण कराया था साथ ही उनकी लम्बाई भी बढ़ा कर नौ मीटर कर दी गयी थी राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कॉपी नहीं जांचने वाले हड़ताली शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है सरकार के आदेश के बाद इंटर कॉपियों के मूल्यांकन के लिए नियुक्ति के बावजूद योगदान नहीं करने वाले एक सौ साठ शिक्षकों पर कल प्राथमिकी दर्ज करायी गयी शिक्षकों पर प्राथमिकी मूल्यांकन केन्द्र से संबंधित थानों में दर्ज करायी गयी है इस बीच बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समिति के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल अब भी जारी है केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा प्रबंध को और दुरूस्त किया जायेगा किशनगंज के ठाकुरगंज में एसएसबी के उन्नीसवीं बटालियन के मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुये श्री राय ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण खूली सीमा होने से नेपाल होकर राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवेश का खतरा बना रहता है उन्होंने कहा कि बीते सत्रह वर्षों से एसएसबी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा तक मुस्तेदी से काम कर रहा है केन्द्र सरकार ने ईरान इटली और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्यों को विशेष सतकर्ता बरतने की सलाह दी है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को कहा है कि वे खून के नमूनों को एकत्र करने और उनकी जांच के बारे में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें इस बीच राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार के अफवाह से लोगों को बचने की सलाह दी है विभाग ने अपनी सलाह में कहा है कि लोग छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को ढ़क कर रखे तथा हाथों को साबुन से धोते रहे वहीं कोरोना प्रभावित देशों से वापस लौटे व्यक्तियों और इस रोग के लक्षण वाले लोगों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यूएफबीयू और इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए ने ग्यारह बारह और तेरह मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है बैंक यूनियन और सरकार की बातचीत में पन्द्रह फीसदी वेतन वृद्धि के अतिरिक्त विशेष भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने के लिए एक छोटी कमिटी के गठन का निर्णय लिया गया साथ ही परफॉमेंस लिंक्ड इन्सेटिव दिये जाने पर भी सहमति बनी तेल कम्पनियों ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में छप्पन रूपये की कटौती की है नई दरें लागू होने के बाद पटना में चौदह दशमलव दो किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत घट कर नौ सौ नौ रूपये और उन्नीस किलोग्राम वाले व्यवसायिक गैस सिलेंडर की कीमत पन्द्रह सौ अस्सी रूपये हो गयी है पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है आज भी प्रदेश के अधिकतर भागों में आंशिक रूप से बादल छाये हुये हैं और कुछ स्थानों पर हल्की ब्रंदाबादी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि चक्रवाती हवा के असर से छह और सात मार्च को पटना समेत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की सम्भावना है पटना झाझा मेन लाईन पर रूट रिले इंटरलॉकिंग के काम के कारण तेईस से तीस मार्च तक किऊल पटना रूट पर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा इस दौरान पचास ट्रेनें इस रूट से नहीं गुजरेंगी यह जानकारी देते हुये दानापुर के डीआरएम सुनील कुमार ने बताया कि पटना किऊल झाझा और गया किऊल भागलपुर रेलखंड पर चलने वाली कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है पटना में बीमा का पैसा दिलाने के बहाने लगभग पैंतालीस लाख रूपये ठगी का एक मामला सामने आया है जालसाजों ने कंकड़बाग के रहने वाले एक व्यक्ति को बीमा कम्पनी का अधिकारी बनकर फोन किया और नेट बैंकिंग के जरिये लाखों रूपये खाते में डलवा लिये पीड़ित को भरोसा दिलाने के लिए ठगों ने बीमा भुगतान के रूप में एक करोड़ चार लाख का चेक भेजा साथ ही आरबीआई आयकर विभाग और वित्त मंत्रालय की फर्जी चिट्ठी भी भेज दी पुलिस मामले की जांच कर रही है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आज से नई दिल्ली में प्रसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कर रहा है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर मेले का उद्घाटन करेंगे तीन दिवसीय मेले के दौरान बासमती धान की विभिन्न किस्मों तथा सब्जियों के बीज किसानों को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराये जायेंगे मेले में मिट्टी और जल का परीक्षण करने के साथ ही किसानों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय विक्रमशिला महोत्सव शुरू हो गया है तीन दिनों तक चलने वाले विक्रमशिला महोत्सव में राष्ट्रीय प्रदेश एवं स्थानीय स्तर के कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है इसके अलावा सिने जगत के पार्श्व गायक शब्बीर कुमार एवं पूजा चटर्जी भी अपने जलवे बिखरेंगे राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में समस्तीपुर के मुकेश कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया है वहीं पटना के नीरज कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया पटना के मोकामा में खेली जा रही राज्यस्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भागलपुर ने बिहट को तीन के मुकाबले एक अंक से पराजित किया बांका के बराहाट के लीलावरण के पास एक ट्रक की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत एक अपार्टमेंट से शराब पार्टी करते पैक्स अध्यक्ष सहित चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है दरभंगा जिले के बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर अनुमंडल कार्यालय के पास अपराधियों ने एक महिला से डेढ़ लाख रुपये लूट लिए सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में दो दोषियों को पांच पांच वर्ष कारावास के साथ पचास पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है दरभंगा जिले के बेंता सहायक थाना क्षेत्र के रूदलगंज मुहल्ले में पुलिस ने एक मकान से लगभग चौदह सौ बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है सबका भला हो सबको न्याय मिले दैनिक जागरण का शीर्षक है जदयू आज विधिवत करेगा चुनावी अभियान का आगाज दैनिक भास्कर लिखता है एक अप्रैल से ट्रेजरी पेपरलेस ऑनलाईन ही पास होंगे सारे बिल प्रभात खबर ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म काडं से संबंधित खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है दोषियों का नया पैंतरा तीन मार्च की फांसी पर सस्पेंस आज अखबार लिखता है नदी में नाव पलटी आधा दर्जन लापता दो शव बरामद

और ग्यारह मार्च से होने वाली बैंक कर्मियों की तीन दिवसीय हड़ताल स्थगित